वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह छूट पीपीएफ सुकन्या समृद्धि खाते और आवर्ती जमा राशियों पर लागू होगी सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर छोटी बचत जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया है अपने खातों को सक्रिय रखने के लिए खाताधारकों को वर्ष में निर्घारित न्यूनतम राशि जमा करानी पड़ती है अन्यथा अर्थदण्ड भरना होता है

वहीं राज्य में इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर दो हो गयी है आज रिम्स में कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गयी मृतक रिम्स में इलाजरत आठ कोरोना मरीजों में से एक था वह हिन्दपीढ़ी का रहने वाला बताया जा रहा है संकमित होने के बाद रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के आइसीयू आइसोलेशन वार्ड में उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था कल रात अचानक उसे सांस लेने में समस्या शुरू हुई और सुबह उसकी मौत हो गयी

कई राज्यों ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन और दो सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा संघर्ष तभी मजबूत रहेगा जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और सरकार तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा उन्होंने पूर्णबंदी तथा परस्पर सुरक्षित दूरी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों का जीवन बचाने के लिए यह आवश्यक है उन्होंने कहा कि सरकार का मंत्र जान है तो जहान है के स्थान पर जान भी और जहान भी होगा

उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले तीन चार सप्ताह वायरस के प्रभाव को जानने के लिए महत्वपूर्ण हैं आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकट आत्मनिर्भर बनने और देश को आर्थिक शक्ति बनाने का एक अवसर है दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में भारत का शीर्ष स्थान है

औषधि निर्माण विभाग ने बताया कि देश में इसके कच्चे माल का पर्याप्त भंडार है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की उत्पादन क्षमता देश की आवश्यकता और निर्यात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक रोग प्रतिरोधक है और यह इलाज नहीं है

एल आई सी ने कहा कि अब फरवरी महीने का प्रीमियम पन्द्रह अप्रैल तक जमा कराया जा सकेगा

एल आई सी ने कहा है कि पॉलिसी धारक डिजिटल भूगतान विकल्पों के जरिए बिना किसी सेवा शुल्क के प्रीमियम जमा करा सकते हैं मोबाइल ऐप एल आई सी पे डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने जिले को साफ और स्वच्छ बनाने में जुटे सफाई कर्भियों के बीच राहत सामग्री का वितरण करवाया है झुमरी तिलैया नगर परिषद की वार्ड पार्षद पिंकी जैन ने सांसद अन्नपूर्णा देवी के द्वारा भेजे गए राहत सामग्री का वितरण सफाई कर्मियों के बीच किया और उनके बीच खाद्यान्न बांटे

लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखने जरूरतमंदों को राशन मुहैया कराने और मास्क उपलब्ध कराने का काम व्यापक स्तर पर किया जा रहा है

उन्होंने कहा है कि अगर घर में मास्क न हो तो किसी भी साफ कपड़े से तीन लेयर का मास्क बनाकर नाक और मुंह को अच्छी तरह ढक ले उन्होंने कहा है कि कोरोना संकमण से खूद भी बचे और लोगों को भी बचाये बोकारो कोरोना हॉटस्पॉट घोषित होने के बाद इस वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन प्रतिदिन कोई न कोई कड़े कदम उठा रहा है अब जहॉ तहॉ थूकने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया पूरी दुनिया नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में युद्ध स्तर पर जुटी हुई है किसी संक्रमित व्यक्ति के जहां तहां थूकने से भी अन्य लोग इस वैश्विक महामारी के शिकार हो सकते हैं उन्होंने बताया इसी उद्देश्य से जिले में गुटका और तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वे जहां तहां थूकने वाले को चिन्हित कर पुलिस प्रशासन को सूचित करें ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके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

चिकित्सकों ने बताया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का उपयोग केवल डॉक्टरों के परामर्श पर ही किया जाना है गिरिडीह जिले की पूलिस ने नक्सल प्रभावित पीरटांड व खुखरा थाना इलाके में गरीब और जरूरतमंदों के बीँच भोजन सामग्री वितरित किया गिरिडीँह के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में पुलिस ने कई गांव के गरीब तथा असहाय लोगों के बीच सूखा राहत मोजन सामग्री सेनेटाइजर और मास्क का वितरण किया साथ ही सभी लोगों को कहा गया कि वे आपस में सामुदायिक दूरी बनाये रखें गांवों में मेडिकल जाँच शिविर भी लगाया गया पश्चिमी सिंहभूम जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में अब तक सौ से अधिक लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लोगों ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि ईसा मसीह के पुनर्जन्म की कथा हमें याद दिलाती है कि अंधकार पर प्रकाश की हमेशा विजय होती है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि आज का दिन ईसा मसीह के विचारों और खासकर गरीबों तथा जरूरतमंदों की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत रहने के उनके संदेश को याद करने का अवसर है इधर राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में भी ईस्टर मनाया जा रहा है विश्वासी लॉक डाउन के बीच अपने अपने घरों में पूरे परिवार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं हमारी खूंटी संवाददाता ने बताया है कि जिले में मसीही विश्वासियों ने अपने घरों में ही मृत परिजनों का स्मरण किया और प्रार्थना की सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गम्हरिया में एक युवती ने खूदखूशी कर ली घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है हजारीबाग जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने को लेकर लगाए गए लॉक डाउन में सबसे दयनीय स्थिति दैनिक मजदूरो की है

ऐसे में जिला प्रशासन रेड क्रॉस गुरुद्वारा एवं जिला ग्रामीण विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में जरूरतमंद लोगों को भोजन पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है